प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक चुनाव रैली को संबोधित किया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज असम के सिलचर में रोड शो किया इस चरण में तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश असम बिहार ओडिसा छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल जम्मू कश्मीर मणिपुर त्रिपुरा और पुड्डुचेरी में मतदान होगा लोकसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न होगा पहले चरण में उनहत्तर दशमलव चार तीन प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया वोटों की गिनती तेईस मई को होगी राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी एक सौ अटठाईसवीं जयंती पर स्मरण कर रहा है इस अवसर पर देशभर में आज कई समारोह हो रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में संसद भवन में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की उपराष्ट्रपति सुमित्रा महाजन तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे अपने संदेश में राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक टवीट संदेश में कहा डॉ आम्बेडकर नागरिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे उन्होंने सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ आम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे शिक्षा स्वास्थ्य तथा विभिन्न सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली संस्था अरुणाचल विकास परिषद को ईस्ट सियांग जिले के अधिन रुकसिन में समाज सेवक ओमिर तातिन ने अपने पुत्र की स्मृति में चौबीस सौ वर्ग फुट जमीन का दान दी है इस स्थान पर परिषद द्वारा एक प्रशिक्षण भवन बनाया जायेगा जिसमें बेरोजगार लोगों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा सिलाई कढ़ाई सहित कई तरह से शिक्षा के जरिए उनका कौशल विकास किया जायेगा देश के विभिन्न भागों में फसल कटाई के अनेक त्यौहारों की आज धूम है बैसाखी रोगांली बिहु उड़िया नव वर्ष महा विशुबा संक्रांति और तमिल नव वर्ष प्रतांडु के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है राज्य में बौद्ध समुदाय से जुड़े खाम्ति सिंगफो तिखाक खामयांग आदि जनजातीय समूहों द्वारा परंपरागत पर्व सांकेन आज श्रद्दा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व मान्यता के अनुसार नए वर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है धार्मिक परंपरा के अनुसार लोग एक द्रसरे पर पानी डालते है जो नए साल में एक दूसरे के प्रति आदर खुशी और पवित्रता का प्रतीक है इस अवसर पर परंपरा के अनुसार भगमान बुद्ध की प्रतिमा को मंदिर से बाहर निकालकर उन्हें स्नान कराया जाता है अंतिम दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा को फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है बोहाग बिहु आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस आयोजन के पहले दिन को गोरु या गऊ बिहु भी कहा जाता है जो मवेशियों को समर्पित है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को रोंगाली बिहु की बधाई दी है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि ये त्यौहार नव वर्ष के आगमन का प्रतीक है और बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है उन्होंने कहा कि ये त्यौहार सही मायने में भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करते है तथा प्रकृति के प्रति श्रद्दा और सम्मान के प्रमाण हैं राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने बोहाग बिहु और सांकेन के उपलक्ष में अरुणाचल और असम के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कामना की है कि बोहाग बिहु और सांकेन लोगो के बीच परस्पर भाईचारा सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करेगा अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि सांकेन के साथ वे भी भगवान बुद्ध से सभी के कल्याण की कामना करते है याक पालन अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग जिले की आजीविका का आधार रहा है इसी को ध्यान में रखकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में याक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है ताकि याक का वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जा सके

याक के बाल से विभिन्न प्रकार के परिधान तैयार किए जा रहे है संस्थान के सिनियर साईंटिस्ट डॉ विजय पॉल और उनके सहयोगियों ने बताया है कि याक पालन को लाभ दायक रोजगार बनाने के लिए केंद्र द्वारा इनोवेशन पर ध्यान दिया जा रहा है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 आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान शून्य दशमलव नौ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई